आवास और वाहन ऋण सस्ते होंगे वित्त मंत्रालय ने कहा रेपो दर कम करने और सरकार के अन्य प्रयासों से विकास में आएगी तेजी उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह निर्धारित तिथि से एक दिन पहले सत्रह अक्टूबर तक अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई कर लेगा पूरी

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में पच्चीस आधार अंको की कटौती करते हुए इसे पांच दशमलव चार प्रतिशत से घटाकर तत्काल प्रभाव से पांच दशमलव एक पांच प्रतिशत कर दिया है रिवर्स रेपो दर भी घटाकर चार दशमलव नौ प्रतिशत और बैंक दर पांच दशमलव चार प्रतिशत कर दी गई है कल मुंबई में बैंक की चौथी ट्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हए गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा मौदिक नीति समिति ने हाल के आर्थिक और वित्तीय घटनाक्रम पर विचार करके उसका आकलन किया

गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि निगमित दरों में कटौती के फलस्वरूप सरकार के राजस्व विवेक पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है पी एम सी बैंक घोटाले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किसी एक बैंक की घटना से समूची बैंकिंग व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रमाव नहीं पड़ेगा उन्होंने जोर देकर कहा कि रिजर्व बैंक किसी भी सहकारी बैंक को बंद नहीं होने देगा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अर्थव्यवस्था में सुवार के लिए उदार नीति जारी रखने का फैसला किया है ताकि महंगाई नियंत्रण में रहे इस वर्ष बैंक ने लगातार पांचवीं बार रेपो दर में कमी की है रेपो दर में कमी का उद्देश्य आवास और वाहन ऋण की दरों में कमी लाना है जो अब इस दर के साथ सीधे जुड़ गए हैं कल मुन्दई में बैंक की चौथी ट्टिमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए मौद्रिक नीति समिति ने कहा कि बैंक ने वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान छह दशमलव नौ प्रतिशत से घटाकर छह दशमलव एक प्रतिशत कर दिया है वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए यह अनुमान संशोधित करके सात दशमलव दो प्रतिशत कर दिया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों को नवाचार और अनुसंघान के क्षेत्र में संस्थान को सहयोग देना चाहिए वह कल रूड़की में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे आई आई टी रूड़की के प्राधिकारियों का दायित्व है कि ये पूर्व विद्यार्थियों को संस्थान के कार्यकलायों में शामिल करें और उन्हें यहां से रिक्षण कार्य के लिए आमंत्रित करें भले ही वे कम समय के लिए या केवल उन्हीं के लिए विशेष पाम्वक्रमों के लिए आएं लेकिन आएं अवश्य यदि इस पहल के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के आवश्यकता है तो इसके लिए प्रयास किये जाने चाहिए राष्ट्रपति ने इस मौके पर छात्रों को पुरस्कार भी वितरित किये रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने निजी क्षेत्र से रक्षा उद्योग में सक्रिय भागीदारी निमाने को कहा है नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपो को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को महाशक्ति बनना है तो वह हथियारों के लिए अन्य देशों पर ही निर्भर नहीं रह सकता रक्षामंत्री ने कहा कि घरेलू रक्षा उद्योग को वर्ष दो हजार पच्चीस तक विश्व स्तरीय और छब्बीस अरब डॉलर का बनाने का लक्ष्य है हमारा लक्ष्य एक वाईप्रेट व वर्लड क्लास डोमेस्टिक डिफ्रेंस इंडस्ट्री बनाना है ताकि इनपोर्ट पर निर्मरता हमारी कम हो तथा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हम प्राप्त कर सकें रक्षा मंत्री ने कहा कि पचास खख डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जरूरी है कि हर नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करे और देश के समग्र विकास में सहयोग करे मेरा विजन है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस करे ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से देश के विकास के लिए काम कर सके और इसके अंतर्गत देश में इनक्यूलिसिव ग्रांथ लाना वह प्रत्येक व्यक्ति एक प्रोसपैरेटी को पहुंचाने के साथ साथ ट्वेटी ट्वेटी फॉर तक इंडियन इक्कोनोमी को फाइव ट्रीलियन यू एस डॉलर तक लाना यह सब इसमें सम्मिलित हैं उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह निर्धारित तिथि से एक दिन पहले सत्रह अक्टूबर तक अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई पूरी कर लेगा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सुनवाई के अंतिम चरण की समय सीमा तय करते हुए मुस्लिम पक्षकारो को चौदह अक्टूबर तक अपनी दलीलें पूरी करने का आदेश दिया इसके बाद हिन्दू पक्षकारो को सोलह अक्टूबर का समय मिलेगा सत्रह अक्टूबर को अंतिम बहस होगी पीठ ने सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को चेताया कि अब वे कोई नया साक्ष्य पेश न करें वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने कहा है कि भारतीय वायुसेना की संचालन तैयारी बड़े ऊंचे दर्जे की है अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख ने कहा कि पिछले वर्ष बालाकोट कार्रवाई सहित कई सैन्य कार्रवाईयों को अंजाम देकर वायुसेना ने नए मानदण्ड स्थापित किए हैं युशक्ति अभ्यास को सफलतापूर्वक प्रा किया पोखरन में अभ्यास और प्रदर्शन में वायुसेना ने अपनी ऑपरेशन क्षमताओं का प्रदर्शन किया

वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हम किसी भी स्थिति का सामना करने को तैयार हैं संवाददाता सम्मेलन से पहले पत्रकारों को बालाकोट कार्रवाई की वीडियो क्लिप भी दिखाई गयी

बैठक के दौरान उन्होंने आतंकवाद उग्रवाद भ्रष्टाचार तथा हथियारों नशीले पदार्थो और पश्ओं की तस्करी के प्रति जीरो टॉलेरेंस की मोदी सरकार की नीति लागू करने पर जोर दिया उन्होंने वरिष्ठ अधिकरियों को निर्देश दिया कि वे इन गतिविधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाएं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने कल लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस को रवाना किया देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन दिल्ली और लखनऊ के बीच चलेगी सबसे तेज गति की यह रेलगाड़ी यात्रियों को आरामदेह सुविधा उपलब्ध करायेगी आईआरसीटी सी ने सेवा मानकों आरक्षण टिकट रद्द करने धन वापसी यात्रा बीमा के संबंध में कई पहल की हैं यह गाड़ी मंगलवार के अलावा सप्ताह के सभी दिन चलेगी तेजस एक्सप्रेस सुवह छः बजकर दस मिनट पर लखनऊ से रवाना होकर दिन में बारह बजकर पच्चीस मिनट पर नई दिल्ली पहंचेगी और उसी दिन यह तीन बजकर पैंतीस मिनट पर नई दिल्ली से रवाना होकर रात दस बजकर पांच मिनट पर लखनऊ पहंचेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को पहली कॉरपोरेट ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल के प्रति आभार व्यक्त किया राज्यसभा उप चुनाव के लिये प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुधांशु त्रिवेदी ने कल लखनऊ किधानमंडल कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया कल नामांकन का अंतिम दिन था

बस्ती में जन संकल्प यात्रा के दौरान कल सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुये स्वच्छ भारत और प्लास्टिक मुक्त भारत जैसे अभियानों से देश की स्वच्छ छवि विश्व को आकर्षित कर रही है सांसद ने लोगों से अपील की कि ये भारत को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिये आगे आयें श्री ट्विवेदी गांधी जयंती से प्रारम्भ हुयी पदयात्रा के क्रम में कल बस्ती सदर विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच थे प्रसिद्व शक्तिपीठ विन्ध्याचल में शारदीय नवरात्र मेले में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ उमड़ रही है हमारे संवाददाता ने बताया कि मेला प्रारम्भ होने से अब तक दस लाख से भी अधिक श्रद्वालु मिर्जापुर में विराजमान मां विन्ध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन कर चुके हैं मेले में पड़ोसी राज्य बिहार मध्यप्रदेश झारखण्ड छत्तीसगढ़ सहित प्रदेश भर से बड़ी संख्या में श्रद्वाल पहच रहे हैं मेला क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं विन्ध्याचल में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिये धाम वाले क्षेत्र में बड़े वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है

वह इकसठ वर्ष के थे